सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि सदन में पांच और भाषाओं डोगरी कश्मीरी कोंकणी संथाली और सिंधी में सदस्यों के वक्तव्यों के तत्काल अंतरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है राज्यसभा में बोडो मैथिली मणिपुरी मराठी और नेपाली भाषाओं के लिए लोकसभा के दुभाषियों की सेवाएं ली जाती है श्री नायडू ने कहा कि मातू भाषा ही बिना किसी हिचक के विचारों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह साढ़े नौ बजे वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए देशभर में महिला स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन लोगों से बातचीत करना एक अनोखा अनुभव होगा जो विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं यह कार्यक्रम डीडी न्यूज और नरेन्द्र मोदी ऐप पर उपलब्ध रहेगा आज विष्व जनसंख्या दिवस है इस अवसर पर प्रदेषभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जयपुर में राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ समारोह के मुख्य अतिथि है समारोह में जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्षन करने वाले तीन जिलों को सम्मानित किया जा रहा है इस अवसर पर इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक साधन के लिये बनाये गये श्अंतरा राज सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया जा रहा है

सर्वेक्षण के दौरान मौसमी बीमारियों की रोकथाम कार्यवाही के साथ मध्मेह और हाईपरटेंशन के मरीजों की स्क्रीनिंग कर मौके पर उपचार और आवश्यक परामर्श दिया गया साथ ही टीबी मरीजों की जानकारी इकट्ठा कर संशोधित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संचालित निश्चय पोर्टल में एंट्री करवायी गयी

उन्होंने बताया कि एक लाख से अधिक स्थानों पर पाये गये लार्वाओं को उपचारित किया गया षिक्षा और पंचायती राज राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि प्रदेष अब षिक्षा के क्षेत्र में देष में दसरे स्थान पर पहंच गया है जल्दी ही राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में जिला षिक्षा अधिकारी जिला मुख्यालय पर उप निदेषक और संभाग मुख्यालय पर संयुक्त निदेषक का पद सुजित कर पदोन्नति की जायेगी

केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइ फील्ड आउट रीच ब्यूरो द्वारा केन्द्र सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल पर कल बीकानेर के नालबडी और नालछोटी ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया इसमें केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कील डवलपमेंट योजनाओं की जानकारी दी गई आज इस विषेष जनजागरूकता कार्यक्रम का समापन बीकानेर के पश विष्वविद्यालय में किया जायेगा

परीक्षा के दौरान दोनो ही दिन परीक्षा केन्द्रों के पांच किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी

दौसा जिले के निईरना गांव में कल रात मोटरसाईकिल के अनियंत्रित होकर क्एं में गिर जाने से दो लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया घायल को जयपुर रेफर किया गया है पुलिस ने आज दोनो शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिये प्रतापगढ़ जिले के दिपेश्वर तालाब में डूबने से कल दो भाई बहिन की मौत हो गयी मृतक महाराष्ट्र के रहने वाले घुमक्कड जाति के परिवार के सदस्य है पुलिस ने बालिका का शव बाहर निकाल लिया और बालक के शव की तलाश जारी है

केन्द्र सरकार इन उत्कृष्ट श्रेणी के संस्थानों को पांच साल तक एक हजार करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता देगी